मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के खुंडियां में क्षेत्र के लोगों और विद्यार्थियों की सुविधा के लिए नया शिक्षा खंड खोलेगी यह घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज खुंडियां में एक जनसभा को संबोधित करते हुए की उन्होंने ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में एक सौ इक्कीस करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए जयराम ठाकुर ने बाद में ज्वालामुखी के कथोग में भी एक जनसभा को संबोधित किया और ज्वालाजी में बिजली का मंडल तथा मझीण में लोक निर्माण विभाग का उपमंडल खोलने की घोषणा की मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस नेता निराधार आरोप लगा रहे हैं क्योंकि उनके पास सरकार के खिलाफ कहने के लिए कुछ नहीं है सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि ठियोग क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मतियाना की विज्ञान प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल के दौरान हुए धमाके में घायल विद्यार्थियों के उपचार में आने वाला खर्च सरकार वहन करेगी शिक्षा मंत्री ने आज शिमला में कहा कि इस हादसे में घायल बंटी और अंकिता को प्राथमिक उपचार के बाद आईजीएमसी शिमला से छुट्टी दे दी गई है जबकि मुकुल और अजीत को पीजीआई चंडीगढ़ रैफर किया गया है इन दोनों छात्रों का पीजीआई में सघन निगरानी में ईलाज चल रहा है इस बीच ठियोग कुमारसेन से माकपा विधायक राकेश सिंघा ने इस घटना की न्यायिक जांच की मांग की है उन्होंने घटना में घायल छात्रों के परिजनों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने शिक्षा को मौलिक अधिकार मानने और प्रयोगशाला में केवल शिक्षक की मौजूदगी में ही प्रयोग करने की मांग भी की है मुदा कार्ड मिट्टी की जानकारी कृषि व बागवानी के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है मृदा स्वास्थ्य कार्ड इस दिशा में अहम भूमिका निभा रहे हैं सरकार द्वारा कृषकों की सुविधा के लिए उनके खेतों से मिट्टी लाकर उसकी जांच की जा रही है तथा उन्हें मृदा जांच कार्ड दिए गए हैं ताकि वे अपनी मिट्टी की पूरी जानकारी हासिल कर सकें

किसानों का कहना है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिलने के बाद न केवल उनका उत्पादन बढ़ा है बल्कि खर्च भी कम हुआ है क्योंकि वह अब विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही खादों व अन्य कीटनाश्कों का प्रयोग कर रहे हैं

उन्होंने कहा कि इसके लिए कृषि व बागवानी अधिकारियों तथा वैज्ञानिकों को नवीनतम शोध किसानों और बागवानों तक पहुंचाने होंगे महेंद्र सिंह आज बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में फल व पुष्प उत्पादन सिफारिशों पर राज्यस्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे महेंद्र सिंह ने वैज्ञानिकों से उच्च गुणवत्ता के बीज और कलमें तैयार करने को भी कहा ताकि सेब का रूट स्टॉक विदेशों से न मंगवाना पड़े एक भारत श्रेष्ठ भारत केन्द्र सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को अलग अलग राज्यों की संस्कृति व सभ्यता को जानने समझाने का प्रयास किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश और केरल के लोग भी विभिन्नता में एकता के प्रतीक हैं

ऋधि घर से सैंकड़ों किलोमीटर दूर अपने आप को घर की तरह ही सुरक्षित महसूस करती हैं क्योंकि हिमाचल में क्राईम रेट बहुत कम है और प्रदेश सरकार भी महिला सशक्तिकरण को बहुत महत्व दे रही है हिमाचल का प्रद्रषण रहित वातावरण जहां ऋधि को सबसे अधिक पसंद है वहीं केरल की तर्ज पर उच्च साक्षरता दर से भी वह बहुत प्रभावित है उड़ान जनजातीय क्षेत्र पांगी के लिए कल हेलिकॉप्टर की एक उड़ान आयोजित की जाएगी एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह उड़ान भूंतर किलाड़ चम्बा किलाड़ भूंतर के बीच होगी और यह उड़ान मौसम पर निर्भर करेगी राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राज्य की नई आबकारी नीति की आलोचना की है राठौर ने आज शिमला में एक ब्यान में आरोप लगाया कि सरकार ने अपने कुछ लोगों को अनुचित लाभ देने के लिए इस नीति में संशोधन किया है उन्होंने कहा कि शराब ठेको की नीलामी न किए जाने का निर्णय गलत है क्योंकि इससे आबंटन में भाई भतीजावाद बढ़ेगा और राजस्व में भी कमी आएगी उन्होंने सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की राठौर ने शराब के ठेके और बार रात दो बजे तक खुले रखने के निर्णय का भी विरोध किया क्योंकि इससे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ेगा उन्होंने यह भी दावा किया नई आबकारी नीति से प्रदेश में शराब माफिया को बढ़ावा मिलेगा बैठक इंटर मीडिया पब्लिसिटी कॉओर्डिनेशन कमेटी की मासिक बैठक आज शिमला में आयोजित की गई बैठक की अध्यक्षता सूचना व प्रसारण मंत्रालय की अप्पर महानिदेशक चंडीगढ़ रीजन देवप्रीत सिंह ने की बैठक में शिमला स्थित सूचना व प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाईयों के प्रतिनिधियों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया देवप्रीत सिंह ने इस मौके पर अधिकारियों को तालमेल से काम करने के निर्देश दिए ताकि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का आम जनता तक प्रचार प्रसार हो और वे इन योजनाओं का लाभ ले सके बैठक में सभी अधिकारियों ने अपने अपने विभागों की गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा रखा इंद्रधनुष केंद्र सरकार के महत्वकांक्षी कार्यक्रम मिशन इंद्रधनुष चरण दो की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो चम्बा व हमीरपुर द्वारा आज चम्बा में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस कार्यक्रम में गीत नृत्य और नाटक के माध्यम से आम जनता को सघन मिशन इंद्रधनुष चरण दो के बारे में जानकारी दी फील्ड आउटरीच ब्यूरो चम्बा के क्षेत्रीय प्रचार सहायक बलवंत ठाकुर ने कहा कि जिले में पिछले एक सप्ताह के दौरान इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक किया गया

इस दौरान इन छात्रों ने हिमालयन नेचर पार्क क्फरी प्रदेश विश्वविद्यालय परिसर भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान तत्तापानी और सेना के हेरिटेज म्यूजियम का दौरा किया दौरे के अंतिम दिन इन छात्रों को सेना प्रशिक्षण कमान शिमला के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अतुल्य सोलंकी ने संबोधित किया उन्होंने राष्ट्रीय एकता व विकास के बारे में छात्रों को अवगत करवाया

भूकम्प राजधानी शिमला में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए

भूकंप का केंद्र शिमला के उत्तर पूर्व में जमीन के पांच किलोमीटर भीतर था मौसम विभाग के स्थानीय निदेशक मनमोहन सिंह ने कहा कि भूकंप से किसी प्रकार के नुक्सान की कोई सूचना नहीं है बीते डेढ महीने में शिमला में भूकंप आने की यह दूसरी घटना है कर्मचारी प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने प्रदेश सरकार से राज्य के कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार के सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग की है महासंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने आज शिमला में कहा कि संगठन की ओर से इस संबंध में सहमति पत्र प्रदेश सरकार को सौंप दिया गया है इसके अलावा कई शिक्षक संगठनों ने भी सरकार को इस तरह के सहमति पत्र सौंपे हैं

उन्होंने कहा कि इस खाने की प्रयोगशाला में जांच करवाई गई जिसमें खाने में कोई खराबी नहीं पाई गई बल्कि जांच में पाया गया कि राजमाह की दाल को ज्यादा देर भिगोया गया था इस कारण दाल के स्वाद में बदलाव आया और उससे गंध आने लगी परूथी न कहा कि जनमंच में खाना खाने के बाद शिलाई क्षेत्र से एक भी मामला डायरिया आंत्रशोध और फूड प्यॉजनिंग का नहीं आया इससे साफ है कि खाना खाने योग्य था